राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समाज में बढ़ती नशे की समस्या पर जताई चिंता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्ण्यतिथि शहीदी दिवस व कृष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाई गई मुख्यमंत्री राज्य सरकार प्रदेश में इच्छुक उद्यमियों को हरसंभव सहायता देगी और अपनी निवेश प्रतिबद्धताओं को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बेंगलुरू में आयोजित रोड शो बिजनेस टू गर्वनमेंट के दौरान उद्यमियों व उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई है जिसका उद्देश्य अतिआधुनिक अधोसरंचना विकसित करना विनिर्माण समावेशिता नवाचार को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को निवेश के लिए आगे आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि सरकार उद्यमियों को कई प्रोत्साहन व रियायतें प्रदान कर रही है उन्होंने बताया कि जून में धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए उद्यमी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इन्वेस्ट इन हिमाचल डॉट कॉम पर पंजीकरण करवा सकते हैं जयराम ठाकुर ने उद्योगों के प्रमुखों के साथ अलग अलग बातचीत भी की इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी उद्यमियों को संबोधित किया इस दौरान उपस्थित उद्यमियों के साथ एक परिचर्चा सत्र भी आयोजित किया गया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज विधानसभा सचिवालय में पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा

सत्र के दौरान दो दिन गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं सुरक्षा बैठक इस बीच बजट सत्र के दौरान सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आज शिमला में एक बैठक हुई इस दौरान विधानसभा सचिवालय में ई प्रवेश पत्र ऑनलाईन व लिखित आवेदन पर ही देने का निर्णय लिया गया बाद में राजीव बिंदल ने विधानसभा परिसर का दौरा कर सत्र को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया सत्र के दौरान कोई भी अव्यवस्था न हो उसके बारे में उन्होंने जिला प्रशासन को उचित दिशा निर्देश दिए मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ किसानों व बागवानों तक पहुंचाने का आह्वान किया है शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के घणाहट्टी में आयोजित किसान मेले के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि बागवानी व पशुपालन के बारे जागरूक कर उन्हें एक कृषि दूत के रूप में उभारना है कृषि मंत्री ने किसानों से अपनी भूमि की मिट्टी का परीक्षण करवाने का आग्रह किया मेले में करीब तीन सौ किसानों ने भाग लिया विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित करने के बाद आज एक जनसभा में यह बात कही

कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां में आत्मा परियोजना के तहत आयोजित किसान प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी वीरेंद्र कवर ने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के माध्यम से कृषि आय को दोगुणा करने व खेती को रसायन मुक्त बनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है बाद में उन्होंने जसाणा पंचायत में सम्पर्क मार्ग की आधारशिला रखी और पथ परिवहन निगम की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया राज्यपाल कपूर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समाज में बढ़ती नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि नशा प्रतिभा का नाश करता है चंडीगढ़ में एक निजी चैनल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने ये बात कही आचार्य देवव्रत ने कहा कि पंजाब में नशा तस्करों पर सख्ती के बाद हिमाचल सरकार ने भी ऐसे असमाजिक तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं

समारोह में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और राज्य में किसी भी सूरत में नशा माफिया को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल सुक्कूघाट के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गम्भीर प्रयास कर रही है इससे पहले सरवीण चौधरी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करेरी स्थित घेरा का दौरा कर विद्यार्थियों से भेंट की शहीदी दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पूरे देश में आज शहीदी दिवस व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाई गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैकेंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बापू की समाधि राजघाट पर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने राष्ट्रपिता को श्रद्दांजलि दी इस मौके दो मिनट का मौन रखकर देश की आजादी व सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को नमन किया गया प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल सहित अन्य पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने राष्ट्रपिता को श्रद्वा सुमन अर्पित किए शहीदी दिवस के मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित कार्यालयों में दो मिनट का मौन रख कर शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई

सोलन जिला के डेढ़ घराट में कृषि विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय किसान मेले के शुभारंभ पर अवसर आज सांसद वीरेंद्र कश्यप ने ये विचार व्यक्त किए

तापमान में भारी गिरावट के चलते कड़ाके की ठण्ड का दौर जारी है

रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि क्षेत्र में यातायात और पेयजल व्यवस्था भी सुचारू नहीं हो पाई है लाहौल स्पिति चम्बा व कुल्लू जिलों की ऊंची चोटियों में भी आज दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है कुल्लू के उपायुक्त युनुस ने हिमस्खलन की सम्भावना को देखते हुए स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को उंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है उन्होंने बताया कि जलोड़ी व मनाली में आपदा प्रबंधन की दो टीमें तैनात कर दी गई हैं उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल हेलिकॉप्टर की तीन उड़ानें करवाने का कार्यक्रम हैं

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेगी तीर्थ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी तीर्थ सिंह रावत ने हिमाचल में पन्ना प्रमुखों के कार्यों की सराहना की है धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले साढ़े चार वर्ष में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ा है

उन्होंने चुनाव से पहले केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर भी बल दिया